वे आज आकाशवाणी से मन की बात कार्यक्रम में देशवासियों को संबोधित कर रहे थे प्रधानमंत्री ने वोकल फॉर लोकल पर जोर देते हुए लोगों से अपील की कि वे त्यौहार से सम्बन्धित खरीददारी करते समय स्थानीय उत्पादों को प्राथमिकता दें

प्रधानमंत्री ने इस अवसर पर देश की सांस्कृतिक विरासत का जिक्र करते हुए योग आयुर्वेद और मलखम्ब के बारे में विस्तार से चर्चा की

इस मौके पर प्रधानमंत्री ने शिक्षा और पुस्तकों के महत्व को रेखांकित करते हुए इस क्षेत्र में उल्लेखनीय काम करने वाले लोगों का जिक्र किया उन्होंने केरल में सैलून चलाने वाले पोन मरियप्पन से भी बात की जिन्होंने अपने सैलून में ही ग्राहकों के लिए एक छोटी सी लाइब्रेरी बना रखी है प्रधानमंत्री ने अपने संबोधन में पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी की पुण्यतिथि पर उनको नमन किया उन्होंने देशवासियों से इस दीपावली पर सीमा पर तैनात जवानों के सम्मान में अपने घर में एक दिया जलाने का आग्रह किया

विधानसभा सचिव की ओर से जारी एक अधिसूचना के मुताबिक यह सत्र राज्य सरकार द्वारा अतिआवश्यक शासकीय और विधायी कार्य संपादित करने के लिए की गई अनुशंषा पर बुलाया गया है

श्री गहलोत कल अपने निंवास पर प्रदेश में कोरोना संक्रमण की स्थिति और इससे बचाव के लिए बनाई गई कार्य योजना की समीक्षा कर रहे थे

इस बारे में सरकार और अभिमावकों की ओर से दायर एक याचिका की सुनवाई करते हुए अदालत ने स्कूलों को भी सरकार की ओर से निर्धारित फीस लेने की छूट दी है लेकिन ये फीस अपील के अँतिम निर्णय के अधीन रहेगी

प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी राज्यपाल कलराज मिश्र और मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने लोगों को इन पर्वों की शुभकामनाएं दी हैं